केन्द्र सरकार कल से फिट इंडिया अभियान की शुरूआत करेगी

इसी के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है नामांकन दाखिले के पहले दिन आज एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ इस सीट के लिए चार सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे सार्वजनिक अवकाश वाले दिनों को छोड़कर सभी कार्यालयीन दिवसों में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय दंतेवाड़ा में नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे वहीं नामांकन पत्रों की जांच पांच सितंबर को की जाएगी उम्मीदवार सात सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं इस सीट पर तेईस सितंबर को वोट डाले जाएंगे और सत्ताईस सितंबर को मतगणना होगी गौरतलब है कि दंतेवाड़ा सीट से भाजपा विधायक रहे भीमा मंडावी की लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माओवादी हमले में मौत हो गई थी इसके बाद से यह सीट रिक्त है

केन्द्र सरकार कल से फिट इंडिया अभियान की शुरूआत करेगी इस अभियान में योग की अहम भूमिका है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉक्टर ईश्वर बसवरेड्डी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि लोगों को शारीरिक क्रियाकलापों के साथ साथ पौष्टिक भोजन और नशामुक्ति के बारे में भी जागरूक करने की जरूरत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को कल से आरंभ हो रहे फिट इंडिया अभियान की तैयारियां करने को कहा है गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि केन्द्र सरकार देश को स्वस्थ रखने के लिए फिट इंडिया अभियान आरंभ करेगी जावडेकर रेडियो पुरस्कार केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि रेडियो जैसा संचार का कोई दूसरा विश्वसनीय और सशक्त माध्यम नहीं हो सकता नई दिल्ली में सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में जावडेकर ने सामुदायिक रेडियो के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र में रेडियो की भूमिका महत्वपूर्ण है इस अवसर पर श्री जावडेकर ने सामाजिक विकास और संस्कृति के प्रचार प्रसार तथा लोगों को संवेदनशील बनाने में योगदान करने वाले कर्मियों को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए मंत्रिपरिषद निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रदेश में लोक पदों और सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए सीटों का दस प्रतिशत आरक्षण करने का निर्णय लिया है इस संबंध में जनसंख्या संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा कल मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम उन्नीस सौ चौरानवे में संशोधन करने के लिए लोक सेवा अधिनियम संशोधन अध्यादेश दो हजार उन्नीस के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण बारह प्रतिशत से बढ़ाकर तेरह प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण चौदह प्रतिशत से बढ़ाकर सत्ताईस प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है मंत्रिमंडल ने नारायणपुर जिले के अब्झमाड़ क्षेत्र के ऐसे गांवों जिनका सर्वेक्षण नहीं हुआ है उन गांवों में निवासरत पचास हजार से अधिक लोगों को उनके कब्जे की भूमि का खसरा और नक्शा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है मंत्रिमंडल ने कोरबा कटघोरा धरमजयगढ़ और सरगुजा वनमंडल क्षेत्र को मिलाकर लेमरू हाथी रिजर्व गठित करने का फैसला भी लिया है इस रिजर्व के तहत एक सौ बयालीस गांव आएंगे यह दुनिया में अपनी तरह का पहला एलीफेंट रिजर्व होगा जहां हाथियों का स्थायी ठिकाना बन जाने से उनकी अन्य स्थानों पर आवाजाही तथा इससे होने वाले जान माल के नुकसान पर अंकुश लग सकेगा इसके अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने खेल अकादमी भी बनाने का निर्णय लिया है इस खेल अकादमी का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और अन्य संस्थाओं से प्राप्त सहायता से किया जाएगा जनजाति सलाहकार परिषद बैठक छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के सभी शिक्षित युवाओं को पात्रतानुसार सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल उनके निवास पर हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों के माध्यम से विशेष पिछडी जनजातियों के सभी शिक्षित युवाओं की सुची तैयार करने का निर्देश दिया बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्जी मेडिकल कॉलेज सहित निर्जी क्षेत्र के व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में आदिवासी छात्रों की फीस की व्यवस्था के लिए डीएमएफ फंड से प्रस्ताव करने का सुझाव दिया उन्होंने अगले बजट में भवन विहीन अनुसूचित जनजाति छात्रावासों आश्रमों के भवन निर्माण के कार्य प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने की सहमति भी दी इसके अलावा बैठक में राज्य जनजाति संस्कृति और भाषा अकादमी के गठन के लिए प्रारूप कमेटी गठित करने और कमेटी में विषय विशेषज्ञों को शामिल करने का भी निर्णय लिया गया

इस मौके पर रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुने हुए खिलाड़ियों को राज्य खेल पुरस्कार और अलंकरण प्रदान करेंगे समारोह में आठ खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार सात खिलाड़ियों को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वहीं दो प्रशिक्षकों और एक निर्णायक को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार पांच खिलाड़ियों को शहीद विनोद चौबे सम्मान और बीस खिलाड़ियों को शहीद पंकज विक्रम सम्मान दिया जाएगा इसके अलावा मुख्यमंत्री ट्राफी पुरस्कार के लिए सायकल पोलो के सीनियर और जूनियर वर्ग के पांच पांच खिलाड़ियों का चयन किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को शुभकामनाए दी हैं अपने शुभकामना संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि खेलों से नेतृत्व समर्पण और अनुशासन जैसे गुण खिलाड़ियों में विकसित होते हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है माओवादी मुठभेड़ सुकमा जिले से लगे ओड़िशा के मल्कानगिरी में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया वहीं मुठभेड़ में एक जवान शहीद और एक अन्य जवान घायल हो गया पुलिस ने मौके से एक एसएलआर बंदूक और राइफल बरामद की है मारे गए माओवादी की पहचान सुकमा जिले के गट्टापाड़ निवासी राकेश सोड़ी के रूप में हुई है जो छत्तीसगढ़ में भी माओवादी घटनाओं में शामिल रहा है मुख्यमंत्री लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुंगेली प्रवास के दौरान वहां कृषि उपज मण्डी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में लगभग तिरसठ करोड़ रूपए की लागत के चौदह विभिन्न निर्माण और विकास कार्यो की घोषणा की इस मौके पर लगभग बत्तीस करोड़ रूपए की लागत की जल आवर्धन योजना सहित पंचानये लाख रूपए की लागत से बनने वाले तीन अन्य कार्यो का शिलान्यास भी किया मुख्यमंत्री मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज उनके निवास पर एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान गिव वे ट्र एम्बुलेंस से जुड़े छात्रों ने मुलाकात की छत्तीसगढ़ के ये छात्र आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एक निजी स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं ये छात्र इस अभियान के तहत अलग अलग लोगों से मिलकर एम्ब्रेलेंस को रास्ता देने की अपील करते हैं लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की दूसरी कड़ी का प्रसारण आठ सितंबर को होगा लोकवाणी में इस बार का विषय युवा और शिक्षा रखा गया है इसमें शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति तीस अगस्त तक आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नम्बर शुन्य सात सात एक दो चार तीन शुन्य पांच शून्य एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर दोपहर तीन से चार बजे के बीच अपनी बात रिकॉर्ड करा सकते हैं पीएल पुनिया दौरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया एक दिवसीय प्रवास पर कल रायपुर आ रहे हैं इस दौरान श्री पुनिया राजीव भवन में आयोजित चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे बैठक में दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर विचार किया जाएगा इसके बाद श्री पुनिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में प्रदेश भाजपा संगठन द्वारा डाटा एंट्री सदस्यता रजिस्टर का सत्यापन करने के लिए प्रभारियों की सूची जारी कर दी गई है रायगढ़ जिले में पदस्थ सहायक सेनानी आनंद कुशल खलको ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आगामी तीन सितम्बर को संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा

रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा इकतीस अगस्त तक प्लेसमेंट सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है